वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में रविवार को दिरांग कर्मचारी कल्याण सोसायटी के एक सम्मेलन में वे बोल रहे थे इस दौरान उन्होंने प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर रहने के लिए दूर दृष्टि योजना की वकालत की युवाओं की भूमिका और उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उनका सम्मान कर युवा और पुरानी पीढ़ी के बीच के अंतर को भरने में श्री फेलिक्स ने सोसायटी की योगदान की सराहना की इससे पहले विधायक जापू डेरु ने सामुदायिक आधारित संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों से अपने व्यक्तिगत लाभ को न देखते हुए समाज के कल्याण के लिए काम करने का आह्वान किया

रविवार को जिरो में कीवी बागानों के निरीक्षण के बाद दल ने यह बयान दिया किसानों द्वारा वैज्ञानिक तरीकों से खेती की प्रबंधन और पोलीनेशन और फल सेटिंग समय के वक्त अनुकूल जलवायु स्थिति को विशेषज्ञ दल ने बम्पर कीवी की फसल का कारण बताया

विधान सभा परिसर में रविवार को आयोजित इस अभियान में भाग लेते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेंगे

अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में इस महिने के अंतिम सप्ताह में एक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा जिला उपायुक्त दानिश अशरफ की अध्यक्षता में रविवार को मेले के कार्य योजना को तैयार करने के लिए एक बैठक बुलाई गई जिसमें जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियो और विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थिति थे कार्यक्रम को केंद्र सरकार वित्त पोषित करेंगे और राज्य सरकार अन्य परिवहन सहायता को प्रदान करेंगे दो दिन चलने वाले इस मेले में दापोरिजो व जिले के आस पास के लोगों को निशुल्क स्वस्थ्य सेवा प्रदान किया जाएगा

मुख्य मंत्री पेमा खाण्डू की उपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने प्रतियोगिता का उदघाटन किया तवांग मॉनयुल क्षेत्र और वेस्ट कामेंग़ जिले के युवाओं की प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने के लिए यह प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू की एक पहल है जिसे मॉन्युल फिल्म फेडरेशन आयोजित कर रहे है

माल्टा के फ्लोरियान में कल शाम भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने कभी भी किसी द्रसरे देश पर आक्रमण नहीं किया और वह सबके साथ तालमेल से रहना चाहता है उप राष्ट्रपति ने भारतवंशियों से कहा कि अन्य देशों के साथ संबंधों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है इस लिए उन्हें भारतीय कला संस्कृति लोकाचार और परंपरा का संदेश फैलाना चाहिए और अपनी जन्मभूमि को हमेशा याद रखना चाहिए श्री नायडू ने कहा कि भारतीय लोग सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते है क्योंकि वे विश्व समाज के साथ अच्छी तरह घुलमिल चुके है उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों ने अपने कार्यों के जरिए देश को गौरवांवित किया है भारत में आर्थिक सुधारों के बारे में श्री नायडू ने कहा कि सरकार के सुनियोजित सुधार समावेशी समाज का निर्माण कर रहे है उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवाकर तथा जन धन योजना जैसे वित्तीय समावेशन क्रांतिकारी सुधार है और भारत एक औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है श्री नायडू तीन देशों सर्बिया माल्टा और रोमानिया की यात्रा के द्रसरे चरण में कल शाम माल्टा पहुंचे

राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संदेश में उनकी दीर्घ आयु और वर्षों तक देश की जनता के प्रति समर्पित सेवा की कामना की

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से विकास करते हुए विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है

कल रात बेला रुस के मिंस्क में साक्षी बासठ किलोग्राम वर्ग में हंगरी की मारियाना सेस्तीन से हार गई और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा

आज का अधिकतम तापमान पैतीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बत्तीस दशमलव दौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया